राज्य में स्वीप गतिविधियों तहत घर घर बांटी जायेंगी मतदाता सहायता पुस्तिकाएं

प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिये कल नामांकन का आखरी दिन है आज रविवार का अवकाश होने के कारण नामांकन दाखिल नहीं किये जा सकेंगे

विधानसभा चुनाव के लिये प्रमुख राजनैतिक दल भाजपा और कांग्रेस अपने शेष उम्मीदवारों की सूची आज जारी कर सकते हैं

कांग्रेस ने जयपुर की हवामहल विधानसभा सीट से महेश जोशी मालवीय नगर से अर्चना शर्मा और सांगानेर से पुष्पेन्द्र भारद्वाज को उम्मीदवार बनाया है दूसरी ओर भाजपा की तीसरी सूची में सवाई माधोपुर से विधायक दीया कुमारी के स्थान पर आशा मीणा को प्रत्याशी घोषित किया गया है कांग्रेस ने झालरापाटन से भाजपा के संस्थापक सदस्य जसवन्त सिंह के पुत्र मानवेन्द्र सिंह को मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे के सामने प्रत्याशी घोषित किया है

एक दिसम्बर तक चलने वाले इस सप्ताह के दौरान रोजाना पोस्टरों गीतों और एनिमेशन फिल्मों के जरिये जनता को मताधिकार के प्रति जागरूक किया जायेगा इधर शत प्रतिशत मतदान के लिए निर्वाचन विभाग इस बार मतदान से सम्बन्धित जानकारी के लिए सहायक पुस्तिकाओं का घर घर वितरण करवायेगा दौसा के उपजिला निर्वाचन अधिकारी राजवीर सिंह ने बताया कि पुस्तिका में मतदान प्रक्रिया को रंगीन कार्टूनों के जरिए चित्रित कर मतदाता को समझाने की कोशिश की गई है

झालावाड़ में स्वीप गतिविधियों के तहत आज स्कूली बच्चों ने साइकिल रैली निकालकर मतदाता जागरुकता का संदेश दिया बाड़मेर में सरहद पर आयोजित लोकतंत्र उत्सव के दौरान सैंकड़ों विद्यार्थियों ने वोट फोर इंडिया रंगोली बनाई इसके साथ ही मानव श्रेखंला बनाकर मतदान करने का संदेश भी दिया गया

चालक ने पूछताछ में बताया कि पोस्त मध्यप्रदेश से लाया गया है और इसे हनुमानगढ़ जिले के नोहर ले जाया जा रहा था

केन्द्रीय वाणिज्य उद्योग और नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभू ने कहा है कि सरकार जल्दी ही ई कामर्स नीति की घोषणा करेगी मुम्बई में एक पुरस्कार समारोह में श्री प्रभु ने कहा कि उद्योग जगत के सभी पक्षों ने नई नीति का मसौदा तैयार किया है और अब इसे औद्योगिकी नीति और संवर्धन विभाग की मंजूरी मिलने का इंतजार है वाणिज्य मंत्री ने यह भी कहा कि हालांकि सरकार विश्व व्यापार संगठन के नियमों को मानती है लेकिन नीति भारत सरकार ही बनाएगी त्रिवेणी धाम के महंत पद्मश्री नारायण दास जी महाराज का आज उनके पैतृक धाम में अंतिम संस्कार किया जा रहा है कल उनका निधन हो गया था

नारायणदास महाराज को उनके शिक्षा चिकित्सा और समाज सेवा में अमूतपूर्व योगदान के लिए जाना जाता है उन्हें सरकार ने हाल ही में पद्मश्री उपाधि से सम्मानित किया था

उन्होंने नरेन्द्र मोदी मोबाइल ऐप पर लोगों से अपने विचार भेजने को कहा

सरकार ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और जीएसटी नेटवर्क के अध्यक्ष अजय भूषण पांडेय को राजस्व सचिव नियुक्त किया है

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष के सिवन ने बताया कि उपग्रह को स्थापित करने की प्रक्रिया सही ढंग ँसे चल रही है और यह धीरे धीरे अपने निर्धारित स्थान पर आ जाएगा रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान में पर्यटन व्यावसायियों द्वारा हड़ताल समाप्त करने के बाद आज सुबह से पार्क में भ्रमण फिर से शुरु हो गया है

कल से शुरु हुए महोत्सव के तहत विभिन्न प्रतियोगिताए और सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं